दर्जनों प्रोजेक्ट पिछले कुछ सालों में तेजी से पूरे हुए हैं आज हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के हितों का खयाल रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है श्री मोदी ने कहा कि सीमार्वर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी देश की रक्षा जरूरतों से जुड़ी होती है जिसका देश के विकास से सीधा संबंध होता है श्री मोदी ने कहा कि यह टनल हिमाचल प्रदेश के साथ साथ लद्दाख की लाइफ लाइन बनने वाली है

यह टनल विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है जिसे सीमा सड़क संगठन ने बनाया है

लगभग नौ किलोमीटर लंबी यह सुरंग मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कल विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों में पाइप के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के सौ दिवसीय अभियान की शुरूआत की अभियान के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना है कि जल्द से जल्द ग्राम सभा में इस संबंध में प्रस्ताव पारित कराया जाये

इस भिशन में महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण में कोरोना महामारी के बीच मतदान आज शाम साढे पांच बजे तक होगा

साथ ही मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है

जिससे कुछ कुछ देर मतदान प्रभावित हुआ इसके बाद ईवीएम मशीनें बदलकर मतदान शुरू करवा दिया है वहीं जालौर और झुंझुनूं जिलों में भी शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले जा रहे हैं प्रदेश में कोरोना संकमित मरीजों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है

राजस्थान रॉयल्स अब तक दो मुकाबले जीत चुकी है लेकिन उसे अपने पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स से हार का सामना करना पड़ा था और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील श्रोताओं कोरोना से बचाव ँ के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोए या सेनेटाइजर से साफ करें